राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे नशे पर चिंता जताई

गोविंद ठाकुर वनमंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू शहर को स्वच्छ बनाने के लिए वेस्ट टू टेस्ट कैफे एक अनुपम योजना का शुभारंभ किया योजना का क्रियान्वयन नगर परिषद कुल्लू द्वारा किया जाएगा गोविंद ठाकुर ने योजना की सराहना करते हुए कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में ये एक अनूठी पहल है उन्होंने लोगों से अपील की कि वे योजना के तहत अनुपयोगी वस्तुओं अथवा कचरे को नगर परिषद को सौंपें इससे कुल्लू शहर को साफ सुथरा बनाने में मदद मिलेगी वन मंत्री ने कहा कि योजना की सफलता के बाद इसे साथ लगते उपनगरों में भी लागू किया जाएगा उन्होंने इस मौके पर लोगों से वृक्षारोपण की भी अपील की जैव ईंधन दिवस आज विश्व जैव ईंधन दिवस है यह दिन पारम्परिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के तौर पर गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि एथनॉल दू जी एथनॉल कम्प्रैस्ड बायोगैस और बायो डीजल जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत विकसित करने के लिए जैव ईंधन की पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया जायेगा इससे जैव ईंधन आयात पर निर्भरता कम करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विज़न को हासिल करने में मदद मिलेगी और देश के लिए सतत ऊर्जा सुनिश्चित हो सकेगी इस वर्ष जैव ईंधन दिवस का विषय है इस्तेमाल किये गये खाद्य तेल से जैव ईंधन का उत्पादन राम स्वरूप मण्डी क्षेत्र से सांसद राम स्वरूप शर्मा ने प्रदेश सरकार से भूंतर से चण्डीगढ़ के बीच सीधी हैलीकॉप्र उड़ान शुरू करने की मांग की है राम स्वरूप शर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र को लिखे पत्र में कहा है कि उड़ान दो योजना के तहत चण्डीगढ़ से शिमला होते हुए भुंतर और फिर भुंतर से शिमला होते हुए चण्डीगढ़ के लिए तो हैलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है लेकिन चण्डीगढ़ भुंतर के बीच कोई सीधी सेवा नहीं है उन्होंने कहा कि सैलानी पिछले काफी समय से इन दोनों स्थानों के बीच सीधी हैलीकॉप्टर सेवा की मांग कर रहे हैं राम स्वरूप शर्मा ने ये भी कहा कि सीधी हैलीकॉप्टर उड़ान शुरू होने से जहां यात्रियों का पैसा बचेगा वहीं कुल्लू घाटी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि शिक्षा के साथ साथ अभिभावक और शिक्षक छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल व सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दें

उन्होंने कहा कि शिक्षा जहां विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है वहीं खेल उन्हें जीवन में आगे बढ़कर जोखिम उठाने की प्रेरणा देते हैं शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों से कड़ी मेहनत करने का आहवान किया ताकि वह किसी भी चुनौती का आसानी से सामाना कर सकें शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर विद्यालय में पौधरोपण भी किया बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के नेतृत्व में सिरमौर सहित पूरा प्रदेश चहंमुखी विकास की ओर अग्रसर है बिंदल आज नाहन के कोलर में अटल आदर्श विद्यालय के लिए जुमीन का जायज़ा लेने के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने अधिकारियों को स्कूल की स्थापना के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज शीघ्र तैयार करने को कहा ताकि इस विद्यालय का काम तुरंत आरम्भ किया जा सके

इन स्कूलों में नर्सरी से लेकर जमा दो तक की शिक्षा विद्यार्थियों को निशुल्क दी जाएगी और उन्हें आवासीय सुविधा भी उपलब्ध होगी

पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन जिला व राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण और वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी ने भी इस मौके पर देवदार का पौधा लगाया

रेस्क्यू किए गए इन युवकों को नौहराधार लाया गया जहां इनके स्वास्थ्य की जांच की गई और ये सभी स्वस्थ हैं राज्यपाल राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे नशे पर चिंता व्यक्त की है उन्होंने इस बुराई और नशे के अवैध कारोबार से मिलकर लड़ने और युवाओं में इसके विरूद्व जागृति लाने पर बल दिया राज्यपाल आज उनसे मिलने आए पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार के साथ बातचीत कर रहे थे राज्यपाल ने कहा कि सबके सहयोग और सरकार के प्रयासों से हिमाचल तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है और वह इसमें अपना पूर्ण सहयोग देंगे शांता कुमार ने इस मौके पर कहा कि कलराज मिश्र का राजनीति में लम्बा अुनभव रहा है और वे हिमाचल से अच्छी तरह परिचित हैं ऐसे में प्रदेश को विकास में उनका मार्गदर्शन मिलेगा शांता कुमार ने इस अवसर पर राज्यपाल को अपनी पुस्तक भी भेंट की मौसम प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय है और अधिकांश स्थानों पर व्यापक से भारी वर्षा हो रही है इसके चलते लोगों की दुश्वारियां भी लगातार बढ़ रही हैं

ये वाहन सड़क किनारे खड़े थे इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन सड़क के धंस जाने के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और शिमला रामपुर सड़क पर लोगों को घंटों लम्बे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने कहा है कि सड़क को तुरंत बहाल करने के लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए हैं

प्रदेश में हो रही भारी वर्षा के कारण दर्जनों सड़कें बंद हैं जिन्हें खोलने के प्रयास जारी हैं

उमंग विकलांगजनों के लिए कार्य करने वाली संस्था उमंग फाउंडेशन मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल का नागरिक अभिनन्दन करेगी संस्था के अध्यक्ष व राज्य विकलांगता सलाहकार बोर्ड के सदस्य अजय श्रीवास्तव ने शिमला में कहा कि मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही दिव्यांग विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ाने और नया विकलांगता कानून लागू करने के साथ ही इस वर्ग के सशक्तिकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि सरकार के नीतिगत निर्णयों से विकलांगजनों को बहुत फायदा पहुंचा है इसलिए उमंग फाउंडेशन ने उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया है

सोलन से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में भर्ती किया गया है पुलिस में मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है इंद्र सिंह गांधी मण्डी ज़िला के बल्ह विधानसभा क्षेत्र के चौकी चंद्राहण में आज प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक इंद्र सिंह गांधी ने की उन्होंने इस मौके पर कहा कि कार्यक्रम के दौरान लोगों की अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया तथा शेष बची समस्याओं को उच्च अधिकारियों के पास तुरंत सुनवाई के लिए भेजा गया है नरेन्द्र ठाकुर हमीरपुर के विधायक नरेन्द्र ठाकुर ने आज हमीरपुर बाईपास सड़क पर बारल से मुद्रिका बस सेवा को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया